शिमला में आज विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विधायकों की विकासात्मक आकांक्षाओं के अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जाएं उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यकम और मुख्यमंत्री हैल्प लाईन ने जन शिकायतों का त्वरित निवारण किया है

राज्यपाल नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले हिमाचल के एनएसएस वॉलंटियर्ज़ ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि एनएसएस का मुख्य उददेश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है राज्यपाल ने प्रदेश में पर्योवरण संरक्षण और स्वच्छता जैसे अभियानों को एनएस एस शिविरों का हिस्सा बनाने पर बल दिया कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने देश में ज्वाईन सोशल मीडिया अभियान की शुरूआत की है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला में बताया कि इस अभियान के तहत सोशल मीडिया में भाजपा के कथित दृष्पचार के खिलाफ जवाब दिया जाएगा पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बताया कि इसके लिए टोल फी नंबर और वैबसाईट बनाई गई है जिसके तहत लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा अलर्ट उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर दूटने की घटना के बाद किन्नौर जिले में अलर्ट घोषित किया गया है

उन्होंने लोर्गों से ऐसे हादसों से निपटने के लिए तैयार रहने और सतलुज नदी के किनारे न जाने की सलाँह दी है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि इस वैक्सीन से किसी भी व्यक्ति में किसी तरह का दुष्परिणाम देखने को नहीं मिला है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है रोज़ाना बड़ी संख्या में मरीज़ संकमण से स्वस्थ हो रहे हैं जिसके चलते सकिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है